अब तक कुल दो करोड़ सात लाख से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके है

बूंदी में संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला की पहल पर पांच ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की सुविघा शुरू हो गई है यह सुविधा इन्द्रगढ़ और सुमेरगंज मण्डी स्वास्थ्य केन्द्र पर शुरू की गई है

यह प्लांट अजमेर ब्यावर किशनगढ़ केकड़ी और श्रीनगर में लगाए जाएंगे

डॉ पॉल ने बताया कि सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चाहती है कोवैक्सीन के निर्माण के लिए तीन सरकारी कंपनियों मुंबई की हैफकिन बायो फार्मास्युटिकल्स हैदराबाद की इंडियन इम्यूनो लॉजिकल्स और बुलंदशहर की भारत इम्यूनो लॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स को जिम्मेदारी दी गई है राज्यसभा सांसद और गुजरात के कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव का आज निधन हो गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टवीट कर कहा है कि सातव का निधन पार्टी के लिए अप्रणीय क्षति है उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है

इसका असर प्रदेश में आज से नजर आना शुरू हो गया है